एनआईटी रायपुर में आज हुआ नौवें दीक्षांत समारोह ग्यारह सौ अड़तीस विद्यार्थियों को प्रदान की गई डिग्रियां सैंतालीस स्वर्ण और रजत पदक भी दिए गए बस्तर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक इनामी महिला माओवादी मारी गई दंतेवाड़ा जिले में एक जनमिलिशिया सदस्य गिरफ्तार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा के तहत खेले गए मैच में विदर्भ ने छत्तीसगढ़ को दस विकेट से हराया पटाखे प्रतिबंध प्रदेश में राजधानी रायपुर सहित छह प्रमुख शहरों बिलासपुर भिलाई द्र्ग रायगढ़ और कोरबा में एक दिसंबर से इकतीस जनवरी तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध जारी रहेगा पर्यावरण विभाग ने पटाखे फोड़ने से होने वाले वायु प्रद्षण को कम करने के लिए यह निर्णय लिया है ठंड में वायु प्रद्षण को निर्धारित मापदंडो के अनुरूप बनाए रखने के लिए पिछले वर्ष भी इस तरह का निर्णय लिया गया था छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर रात ग्यारह बजकर पचपन मिनट से साढ़े बारह बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे एनआईटी दीक्षांत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी रायपुर में आज नौवें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया समारोह के मुख्य अतिथि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष पद्मश्री प्रोफेसर संजय गोविंद धांडे थे समारोह में ग्यारह सौ अड़तीस विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई इसमें आठ सौ अठासी यूजी एक सौ इंक्यानवे पीजी और उनसठ पीएचडी डिग्रियां शामिल हैं इसके अलावा सैंतालीस स्वर्ण और रजत पदक भी विद्यार्थियों को दिए गए संस्थान की समग्र टॉपर कंप्यूटर विभाग की ऐश्वर्या श्रीवास्तव को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया इस अवसर पर श्री धांडे ने सभी छात्रों को इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बधाई दी और अपने ज्ञान का देश और समाज के उत्थान के लिए उपयोग करने की बात कही उन्होंने कहा कि आने वाला समय युवाओ का है समारोह में एनआईटी के निदेशक डॉक्टर एएम रवानी ने संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया पहली बार भारतीय परंपरा का पालन करते हुए छात्रों ने सफेद कर्ता पायजामा और छात्राओं ने साड़ी पहनकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया यूआईडीएआई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बैंकों से कहा है कि वे आधार क्रमांक पर आधारित भुगतान प्रणाली बंद नहीं करें क्योंकि इससे कल्याणकारी लाभ पहंचाने की दिशा में बाधा आ सकती है यह स्पष्टीकरण यूआई डीएआई को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को भेजे गये एक पत्र के बाद आया सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव में निजी कंपनियों के द्वारा पहचान के लिए आधार के प्रयोग पर रोक लगा दी थी लेकिन कल्याणकारी योजनाओं आयकर रिटर्न भरने और स्थाई खाता संख्या पैन के आवंटन के लिए इसकी मंजूरी दी थी

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में छावला शिविर में आयोजित मुख्य समारोह में परेड़ की सलामी ली अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने सीमा प्रबंधन में मानव संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए अनेक पहल की है इस कड़ी में आज भिलाई में भी बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाकों में सीमा सुरक्षा बल के जवान बड़ी संख्या में अपनी सेवाएं दे रहे हैं

यह सप्ताह सात दिसंबर तक मनाया जाएगा इस अवसर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों से सशस्त्र बल सप्ताह में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है एक वीडियो संदेश में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत हर वर्ष सात दिसम्बर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाता है और इस वर्ष सत्तरवां झंडा दिवस होगा केंद्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने इस अवसर पर लोगों से बढ चढ़कर दान देने और सशस्त्र बलों के शहीद जवानों के परिवारों का साथ देने का आग्रह किया है माओवादी वारदात बस्तर जिले के दरभा थाना क्षेत्र के एलंगनार के जंगल में कल शाम हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक इनामी महिला माओवादी को मार गिराया है जिले के पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने बताया कि दरभा थाने से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इसी दौरान एलंगनार इलाके में घात लगाए बैठे माओवादियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक महिला माओवादी मारी गई मृत माओवादी की पहचान एलओएस डिप्टी कमांडर के रूप में की गई है घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने महिला माओवादी के शव के अलावा भरमार बंदूक और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना के अंतर्गत ककाड़ी के जंगल पहाड़ी क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान एक जनमिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार माओवादी पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है इस बीच छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली इलाके में माओवादियों ने सड़क निर्माण में लगी दस जेसीबी पांच ट्रैक्टर और एक टिप्पर को आग के हवाले कर दिया

यह एचआईवी से संगठित होकर लड़ने एचआईवी पीड़ित लोगों के साथ सहानुभूति और एचआईवी एड्स जैसी बीमारी से मरने वालों के प्रति श्रद्धांजलि देने का दिन है एड्स बहत ही खतरनाक बीमारी है जिससे अब तक देशभर में करीब साढे तीन लाख लोगों की मौत हो चुकी है एड़स दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में एड़स बीमारी और इससे बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं विभिन्न सामाजिक संगठनों विद्यार्थियों और एड्स नियंत्रण समिति के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कल रायपुर के घड़ी चौक में मोमबत्ती जलाकर लोगों को एडस के प्रति जागरूक किया गया

राजनादगांव जिले के डोंगरगांव में एड्स जागरूकता के लिए मानव श्रृंखला बनाकर पांच हजार से अधिक लोगों ने रेड रिबन मोनो बनाया इस मौके पर छात्र छात्राओं ने एड़स के प्रति जागरूकता और बचाव के लिए कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए इसी तरह जगदलपुर के महारानी अस्पताल में भी एड्स दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया कोरिया जिले के चिरमिरी सरभोका में कॉलेज की छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर एड्स के प्रति लोगों को जागरूक किया रणजी ट्रॉफी रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी स्पर्धा के तहत खेले गए मुकाबले में विदर्भ की टीम ने छत्तीसगढ़ को दस विकेट से हरा दिया है आज मैच के चौथे और अंतिम दिन विदर्भ ने जीत के लिए मिले चवालीस रन के लक्ष्य को बिना विकेट खोए हासिल कर लिया इससे पहले छत्तीसगढ़ की दूसरी पारी मात्र एक सौ तैंतालीस रनों पर सिमट गई छत्तीसगढ़ की तरफ से सुमित रूईकर ने सबसे ज्यादा उनतालीस रन बनाए वहीं विदर्भ के गेंदबाज ललित यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सात विकेट झटके गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ ने पहली पारी में दो सौ बत्तीस रन बनाए थे वहीं विदर्भ ने अपनी पहली पारी छह विकेट पर तीन सौ बत्तीस रन बनाकर घोषित कर दी थी छत्तीसगढ़ अपना अगला मैच आगामी छह दिसंबर से बड़ौदा के साथ खेलेगा बाल अधिकार कार्यशाला प्रदेश में बाल हितैषी पुलिस प्रणाली अपनाने के लिए पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में बाल अधिकार विषय पर पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए आगामी तीन दिसंबर से राजधानी रायपुर में तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा इसमें छत्तीसगढ़ सहित ओड़िशा मेघालय राजस्थान महाराष्ट्र दिल्ली तेलंगाना असम और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि शामिल होंगे छत्तीसगढ़ पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक एएन उपाध्याय करेंगे पुलिस उप महानिरीक्षक नेहा चंपावत ने बताया कि यूनिसेफ के सहयोग से होने वाली इस कार्यशाला के निष्कर्षो के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस एकादमी और राज्य के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में बाल हितैषी पुलिस प्रणाली के लिए पाठ्यक्रम बनाकर लागू किया जाएगा दुर्घटना जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के देवरी गांव के पास चारपहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई वहीं गरियाबंद जिले में देवभोग मार्ग पर आज एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से इसमें सवार दस यात्री घायल हो गए हैं इनमें से दो की हालत गंभीर बताई गई है जिले की चिट़ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा इसे छत्तीसगढ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे